मतदान मंगलवार को होगा

स्लग लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार अभियान तेज हो गया है इस चरण में मंगलवार को तेरह राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों के एक सौ सोलह निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे इनमें गुजरात के सभी छब्बीस केरल के बीस महाराष्ट्र और कर्नाटक के चौदह चौदह उत्तर प्रदेश के दस छत्तीससगढ़ के सात ओडिसा के छह बिहार तथा पश्चिम बंगाल के पांच पांच असम के चार गोवा के दो और जम्मू कश्मीर दादरा नगर हवेली दमन और दीव तथा त्रिपुरा के एक एक चुनाव क्षेत्र शामिल हैं त्रिपुरा पूर्व सीट का मतदान सुरक्षा कारणों से तीसरे चरण के लिए स्थगित कर दिया गया है प्रमुख राजनीतिक दलों ने पर्वतीय और मैदानी इलाकों में चुनाव अभियान तेज कर दिया है निर्वाचन आयोग केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती और सुरक्षा के उपाय तेज करने सहित व्यापक इंतजाम कर रहा है आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा पार करने के लिए भाजपा उम्मीदवार रेबती त्रिपुरा को नोटिस जारी किया है गुजरात और केरल में आज भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव रैलियां की जबकि गुजरात और कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का चुनाव रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है

स्लग बागेश्वर शिक्षा बागेश्वर में अब विद्यालयी शिक्षा से संबंधित सभी आंकड़े यू डायस की जगह यू डायस प्लस वेबसाइट पर मिलेंगे इसके लिए कपकोट और गरुड़ विकासखंड के सभी माध्यमिक शासकीय अशासकीय और निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यो को प्रशिक्षण दिया गया है यू डायस प्लस में पहली बार प्री प्राइमरी और आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी शामिल किया गया है प्रशिक्षण शिविर में प्रधानाचार्यो को यू डायस प्लस में आंकड़ों को इकट्टा करने के साथ डैशबोर्ड जीआईएस मैपिंग थर्ड पार्टी वेरीफिकेशन को शामिल कर इसे ऑन लाइन करने की जानकारी दी गई प्रशिक्षण में बताया गया कि आने वाले समय में यू डायस प्लस वेबसाइट रियल टाइम डाटा आधारित होगा मौजूदा समय में इसमें समग्र शिक्षा की गतिविधियों के अलावा विद्यालयी सुरक्षा शिक्षा का अधिकार विद्यालयों की गुणवत्ता जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है

स्लग गुड फ्राइडे प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की याद में गुड फ्राइडे आज पूरे विश्व में श्रद्वापूर्वक मनाया जा रहा है मान्यता है कि सलीब पर चढ़ाए जाने के तीन दिन बाद प्रभु ईसा मसीह जीवित हो गए थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह के आदर्शों का स्मरण किया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि ईसा मसीह ने लोगों के प्रति अन्याय पीड़ा तथा दुख दर्द को समाप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया था

इंडियन सोलीडेरिटी काउंसिल दिल्ली की ओर से उन्हें यह सम्मान दिया गया शिक्षक चंदन सिंह पंवार जोशियाड़ा में पिछले बीस वर्ष से विद्यालय संचालित कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए इंडियन सॉलिडेरिटी काउंसिल दिल्ली द्वारा इस वर्ष के डॉक्टर एपीजे अब्दल कलाम एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड के लिए उनका चयन किया गया